इसमें प्रधानमंत्री ने कोविड नाइन्टीन के खिलाफ लड़ाई में एहतियात के तौर पर इस महीने की चौदह तारीख के बाद भी पूर्णबंदी बढ़ाने की अनेक राज्यों की मांग को देखते हुए भविष्य में उठाये जाने वाले कदमों की चर्चा की हमारे संवाददाता ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि पूर्णबंदी से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव और इससे उबरने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ बैठक में राज्यों को जारी की गयी धनराशि के इस्तेमाल और प्रवासी मजदूरों से संबंधित चिंताओं पर भी विस्तार से चर्चा की गयी अनेक नेताओं ने सरकार से पूर्णबंदी और बढ़ाने को कहा कुछ नेताओं ने कोविड नाइन्टीन के मरीजों के लिए निशुल्क या किफायती जांच सुविधा सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रावधान करने का अनुरोध किया विपक्षी नेताओं ने केंद्र की ओर से राज्यों को दी जाने वाली आर्थिक मदद बढ़ाने की भी मांग की

उन्होंने कहा कि कोविड नाइन्टीन की चुनौती से निपटने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा इस ऐप के माध्यम से लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से स्वयं को होने वाले खतरे का पता लगा सकते हैं

गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि वे जमाखोरी काला बाजारी और मुनाफाखोरी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पृण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह ने जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की मौजूदा स्थिति कुल मिलाकर संतोषजनक है

इस योजना में प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम अनाज प्रत्येक माह निशुल्क दिया जाएगा यह अनाज राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को अगले तीन महीने तक दिया जाएगा जौनपुर जिले से विधान परिषद सदस्य ब्रजेश सिंह प्रिंसू ने मुख्यमंत्री राहत कोष में अपनी विधायक निधि से एक करोड़ रूपये और अपना एक माह का वेतन दिया है उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की चुनौती से निपटने के लिये हम सभी को आगे आना चाहिए और संक्रमण से बचाव के सभी एहतियाती उपायों का पालन करना चाहिए कुशीनगर जिले में दो दिन पहले तब्लीगी जमात के जिन दस लोगों को क्वारंटीन किया गया था उनकी कोरोना जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है पुलिस ने गोपनीय सूचना के आधार पर असम के रहने वाले इन दस लोगों को अलग अलग स्थानों से लाकर क्वारंटीन किया था आयुष मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान स्वस्थ रहने और रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं मंत्रालय ने कुछ ऐसे उपायों का परामर्श जारी किया है जो आसानी से किए जा सकते हैं और स्वास्थ्य तथा रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाई जा सकती है मंत्रालय ने कहा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए लोग गर्म पानी पिएं प्रतिदिन कम से कम तीस मिनट योगासन प्राणायाम या ध्यान का अम्यास करें खाना पकाने में हल्दी जीरा धनिया लहसुन जैसे मसालों का प्रयोग करें प्रतिदिन सुबह एक चम्मच च्यवनप्राश लें मध्मेह रोगी शुगरफ्री च्यवनप्राश लें तुलसी दालचीनी कालीमिर्च सौंठ मुनक्का से बना काढा या हर्बल चाय का सेवन करें और दूध में हल्दी मिलाकर दिन में एक या दो बार लें देश में कोविड नाइन्टीन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने व्यक्तिगत साफ सफाई और समूह में एकत्र न होने का परामर्श जारी किया है साथ ही लोगों को हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचने का परामर्श दिया गया है लोगों से कहा गया है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर एक दूसरे से कम से कम एक मीटर की दूरी बनाये रखें अपनी आंख नाक और मुंह को छूने से बचने और अपने हाथों को सादुन और पानी से कम से कम बीस सेकेण्ड तक अच्छे से धोने की भी सलाह दी गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना सम्बंधी जानकारी के लिए टोल फ्री नम्बर एक शून्य सात पांच जारी किया है प्रदेश सरकार ने भी हेल्पलाइन नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक आठ शून्य पांच एक चार पांच जारी किया है चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर आज प्रदेश भर में हनुमान जयन्ती मनाई जा रही है पूर्णबंदी के कारण मंदिरों के कपाट बन्द हैं और लोग अपने घरों में ही पूजा अर्चना कर रहे हैं राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को हनुमान जयंती पर शुभाकामनाएं दी हैं